उन्होंने लोगों से दो गज की दूरी हाथों को बार बार साबुन से धोने और मास्क का उपयोग लगातार करते रहने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवहीी नहीं बरती जानी चाहिये उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी हमारे बीच से गया नहीं है लापरवाही बरत कर स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है और सभी को मिलकर इससे लड़ने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक ताकत रही है बाइट कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर हमारे नर्सेज हमारे हेल्थ वर्करस हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं इन सभी प्रयासों के बीच यह समय लापरवाह होने का नहीं है यह समय यह मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती और दवाई नहीं बन जाती तब तक पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने संत कबीरदास के दोह का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को पूरी सफलता प्राप्त होने तक सतर्कता बरतनी चाहिये बाइट साथियों जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरे दुनिया में काम हो रहा है अनेक देश इस के लिए काम कर रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं ऐसी स्थिति दिखती है साथियों कोरोना की वैक्सीन जब आएगी वह जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है प्रधानमंत्री ने मीडिया और सोशल मीडिया से आग्रह किया है कि वह देश हित में कोरोना को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का कार्य करें प्रदेश में राज्यसभा की दस सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की गई

सांसदों के कार्यकाल पूरा होने पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं

प्रदेश में सात विधानसभा सीटों पर हाने वाले उप चूनाव के लिए प्रचार कार्य तेज हो गया है इन सात सीटों पर तीन नवम्बर को वोट डाले जायेंगे और मतों की गिनती दस नवम्बर को की जायेगी सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्च्यअल माध्यम से बूथ लेबल पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया है

केन्द्रीय महिला और बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने विकास कार्यो और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की विशेष आवश्यकता बतायी वह आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के सलोन विधानसभा में समीक्षा बैठक में बोल रही थीं

उन्होंने कहा कि डिजिटल भूगतान के माध्यम से किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य बेहतर ढंग से किया जा रहा है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके शासन के दौरान विकास कार्य नही हुए उन्होंने कहा कि जनता इस समय सरकार के द्वारा किये जा रहे विकास से संतूष्ट है और जनता के इस भरोसे को कायम रखना हमारी प्राथमिकता है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

प्रदेश में कोरोना के संकमण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और कोरोना से ठीक होने की दर में बृद्धि हो रहो है

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हए जायरीन के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखना भी जरूरी है कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान रेहड़ी पटरी और अन्य मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है

शेष लोगों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रकिया चल रही है दशहरा दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों को सहलियत देते हुए स्पेशल ट्रेल चलाने का निर्णय लिया है

शारदीय नवरात्रि मेला के मददेनजर विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन का भी ठहराव करने के निर्देश जारी किये गये हैं भारत का कृषि निर्यात कोरोना महामारी के दौर की गिरावट के असर से उबर गया है

अप्रैल से अगस्त की अवधि में किसानों को चावल गेहूं और चीनी के अधिक निर्यात से लाभ हुआ

समाप्त